बीती शाम उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इन जमातियों के नज़दीकी लोगों का भी पता लगाया जाए जिसके कारण देश व प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं उन्होंने उपायुक्तों को खुले बाजारों में आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता पर भी बल दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक आपूर्ति निगम के डिपो में बफर स्टॉक सुनिश्चित करवाने के प्रयास किए जाएंगे उन्होंने कालाबाजारी जमाखोरी और मुनाफाखोरी को रोकने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी आवश्यकता जताई जयराम ठाकुर ने कोरोना वायरस के दृष्टिगत तैनात पुलिस कर्मियों और अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण प्रदान करने पर बल दिया ताकि वे बिना किसी डर के अपना दायित्व प्रभावी ढंग से निभा सकें कोरोना मामले हिमाचल प्रदेश में एक और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है शिमला के आईजीएमसी में बीती रात इसकी रिपोर्ट आई है जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति तबलीगी जमात से संबंध रखता है और सिरमौर की एक मस्जिद में रह रहा था

ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से दो हजार महिलाएं इस कार्य में जुटी हैं

उन्होंने कहा कि ऐसे में स्वयं सहायता समूहों ने इस समस्या से निजात दिलाने में महत्वपूर्ण पहल की है भूकंप चम्बा जिला में बुधवार रात भूकंप के झटके महसूस किए गए

उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है

पंजाब केसरी की सुर्खी है नाहन का एक और व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया दिव्य हिमाचल का शीर्षक है एक और जमाती कोरोना पॉजिटिव पांवटा की मस्जिद में रह रहा था तबलीगी आज प्रदेश के लिए कयामत का दिन अमर उजाला व दैनिक जागरण के एक जैसे शब्द हैं तबलीगियों को डीजीपी ने दी नसीहत जीओ और जीने दो

दैनिक सवेरा टाइम्स मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है जमाती न होते तो प्रदेश अब तक कोरोना संकमण मुक्त होता पंजाब केसरी की सुर्खी है तबलीगी समाज पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिव्य हिमाचल के शब्द हैं जमातियों के नज़दीकियों की तलाश करें हिमाचल दस्तक के अनुसार हिमाचल में बढ़ सकती है लॉकडाउन की अवधि सीएम ने कहा अभी केंद्र सरकार के फैसले का इंतज़ार अजीत समाचार का कहना है जमातियों ने देश के साथ साथ बढ़ाई प्रदेश की मुश्किलें आपका फैसला के मुताबिक किसानों को सुविधा प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाएं अधिकारी अमर उजाला की एक खबर है शिमला में बन रही कोरोना डिसइंफेक्ट टनल पांच सेकेंड में हो सकेंगे सैनेटाइज कोरोना संकट के बीच एक साथ मिलेगा दो माह का राशन शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद बिना टैंडर उपलब्ध करवाया जा रहा राशन आपका फैसला के शब्द हैं राशन के डिपुओं में मई माह तक अनाज भंडारण की प्रकिया शुरू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

नमस्कार